दोनों नेताओं ने सात सौ बीस मेगावाट क्षमता के मांगदेछ् पनबिजली संयंत्र का किया उदघाटन भारत और भूटान ने विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और विधि क्षेत्र में दस समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का किया आह्वान पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश और विभिन्न बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते प्रदेश में कई नदियां उफान पर बुन्देलखंड के जिलों में बाढ़ का खतरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल थिम्फू में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के साथ वार्ता की दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भी हुई बाद में दोनों नेताओं ने कई परियोजनों की शुरूआत की उन्होंने थिम्फू में सात सौ बीस मेगावाट क्षमता के मांगदेछु पनबिजली संयंत्र का उद्घाटन किया उन्होंने भारत और भूटान बीच पनबिजली क्षेत्र में संबंधों के पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट भी जारी किया दोनों नेताओं ने इसरो के दक्षिण एशियाई उपग्रह के भू केन्द्र का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिमटोखा दजोंग में खरीदारी कर के रूपे कार्ड जारी किया दोनों देशों ने विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में दस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश की जनता ने उनकी सरकार को भारी जनादेश देकर दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए एक और अवसर प्रदान किया है उन्होंने कहा कि एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के दिल में भूटान का विशेष स्थान है प्रधानमंत्री ने भूटान के गांवों में स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए रसोई गैस की आपूर्ति प्रति महीने सात सौ मीट्रिक टन से बढ़ाकर एक हजार मीट्रिक टन करने की घोषणा की दोनों देशों ने मिलकर भूटान की नदियों की शक्ति को बिजली में ही नहीं पारस्पारिक समृद्धि में भी बदला है आज हमने मांगदेच्छू परियोजना के उद्घाटन के साथ इस यात्रा का एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है दोनों देगों के सहयोग से भूटान में हाइड्रो पावर उत्पादन क्षमता दो हजार मेगावॉट को पार कर आगे बढ़ रही है भूटान के सामान्य लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से एलपीजी की आपूर्ति सात सौ से बढ़ाकर एक हजार मेट्रिक टन प्रति माह करने का हमने निर्णय किया है इससे क्लीन फ्यूल गांवों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल कर के भूटान के तेज विकास के लिए प्रतिबद्द है स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से भूटान के विकास में तेजी लाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है हमने आज साउथ एशिया सेटेलाइट के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया है यह भूटान में कम्पूनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग और डिजास्टर मेनेजमैट के कवरेज को बढ़ाएगा दोनों देश छोटे उपग्रह के निर्माण और स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रयोग में भी सहयोग करेंगे भारत के नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ कनेक्शन भूटान के छात्रों और सोधकर्ताओं को भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए नए साधनों से जोड़ेगा जो विशेष रूप से हमारे युवाओं को लाभानवित करेगा इससे पहले प्रधानमंत्री ने थिम्फू में भूटान नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वांगच्क से भेंट की उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस छिछोफजोंग में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया प्रधानमंत्री भूटान की दो दिन की यात्रा पर कल दोपहर पारो पहंचे पारो हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग अनेक वरिष्ठ मंत्रियों और उच्च अधिकारियों ने उनका स्वागत किया पारो से थिम्फू तक पचास किलोमीटर रास्ते में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अधिकांश स्थानों पर बड़ी संख्या में बच्चे और युवा दोनों देशों के झंडे लिए मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का आहवान किया है श्री योगी कल बस्ती जिले में हरैया तहसील के तपसी धाम मंदिर परिसर में ज्योर्तिलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद संत समागम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि साधु वैराग्य सिर्फ़ धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति नहीं है बल्कि सेवा और लोक कल्याण की भावना ही वास्तविक वैराग्य है श्री योगी ने कहा कि हमें ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिये योगदान करना चाहिये जिसमें कोई भेदभाव न हो और प्रत्येक नागरिक मुख्य धारा से जुड़ सके

मुख्यमंत्री ने कहा कि तपसी धाम लाखों लोगों के लिये श्रद्वा का केन्द्र बिन्द है इसलिये सरकार ने इस धाम के विकास के लिये पचपन करोड़ रूपये दिये हैं कार्यक्रम को स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी और विधायक अजय सिंह ने भी संबोधित किया समारोह में ड्मरियागंज के सांसद जगदम्बिकापाल भी मौजूद थे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल लेह के पोलो मैदान में नौ दिन के राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदी महोत्सव का उद्घाटन किया लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद केन्द्र सरकार का यह पहला बड़ा कार्यक्रम है अर्जुन मुंडा ने कहा कि केन्द्र सरकार लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव मदद देगी यहां पर जितने भी प्रोजक्ट हो सकते हैं उन प्रोजेक्ट के लिए हमारा मंत्रालय आपको प्ररा सहयोग करेगा जो यहां की एथनिक चीजें हैं उसको कैसे हम बचाकर रख सके और दुनियां को बता सके कि हम कितनीं मजबूत संस्कृति और कितनी मजबूत चीजें जिसको अभी तक दुनियां ने नहीं जाना उसको हम वहां तक पहुंचाएगें पैरालिंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक को कल एशिया और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन पहलवान बजरंग पुनिया के साथ देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार रजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए नामित किया गया है खेल रत्न सम्मान के साथ ही उन्नीस अर्जुन प्रस्कार तीन द्रोणाचार्य प्रस्कार तीन द्रोणाचार्य लाइफ टाइम प्रस्कार और पांच ध्यानचन्द प्रस्कारों के लिए खिलाडियों को नामित किया गया है अर्जुन पुरस्कार के लिये क्रिकेटर रवीन्द्र जड़ेजा और पूनम यादव एथलीट तेजिंदर पाल सिंह मोहम्मद अनस और स्वप्ना बर्मन बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत और निशानेबाज अंजुम मुदगिल शामिल हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद राज्य में बुन्देलखंड के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है आगरा में यमुना प्रयागराज में गंगा और यमुना हमीरपुर में यमुना और बेतवा तथा जालौन और ललितपुर में बेतवा नदी के बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है कोटा से पानी छोड़े जाने की वजह से चम्बल नदी भी उफान पर है हमीरपुर में चौसठ गांव बाढ़ से प्रमावित है माता टीला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद हमीरपुर ललितपुर और झांसी जिलों में बाढ़ से बचाव के लिये प्रशासन अलर्ट पर है जालौन में बेतवा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है और सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय अटलं बिहारी वाजपेई की पहली पृण्यतिथि के अवसर पर उन्हें भावमीनी श्रद्वाजंति अर्पित करते हए यह घोषणा की है इसके अलावा श्री योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में कई अन्य परियोजनाओं की घोषणा भी की उन्होंने कहा कि कानपुर के डीएवी कॉलेज में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी इस महाविद्यालय में स्वर्गीय वाजपेई ने शिक्षा ग्रहण की थी श्री योगी ने कहा कि आगामी पच्चीस दिसम्बर को अटल जी की जयन्ती के उपलक्ष्य में सचिवालय लोक भवन में पच्चीस फीट ऊँची उनकी प्रतिमा स्थापित की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में अटल जी की स्मृति में मेडिकल युनिवर्सिटी बनाने का कार्य प्रगति पर है और बलरामपुर जिले में किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय का सेटेलाइट सेन्टर भी स्थापित किया जा रहा है बलरामपुर स्वर्गीय वाजपेई की कर्मस्थली रही है और उन्होंने उन्नीस सौ सत्तावन में पहला संसदीय चुनाव यहीं से जीता था